्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के सम्बन्ध में राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज कृषि और पश्नु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से किया संवाद

् जयपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट ऑनलाइन सट्टे के गिरोह का किया पर्दाफाश चार करोड से ज्यादा की राशि और कई उपकरण किये बरामद

्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम में बदलाव के बाद हल्की बारिश तापमान में आई मामूली गिरावट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

नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है कत प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे राजधानी जयपुर के जयपुर प्रेटर तथा जयपुर हैरिटेज नगर निगमों में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है हमारे कोटा संवाददाता ने बताया है कि नाम वापसी के समय समाप्ति के बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर जनसंपर्क करने पर जोर दे रहे हैं

आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोषित करते हुए श्री चतुर्वेदी ने सभी छह निगमों में भाजपा का बोर्ड बनने का दावा किया

राज्यपाल कलराज मिश्र ने पश्न पालन को अर्थव्यवस्था की रीढ़ वताते हुए प्रदेश के कृषि तथा पश्न विज्ञान विश्वविद्यालयों से इस क्षेत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित करने का आहवान किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में आज कृषि तथा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन वैठक में राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और पश्न चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिए व्यावसायिक मानद के रूप में काम करेगी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आई सी एम आर ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्यता दे दी है इस नैदानिक प्रैयोगिकी को खड़गपुर के भारतीय प्रैयोगिकी संस्यान आई आई टी के शोधार्थियों ने विकसित किया है कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है यह जांच किफायती है और एक घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं

भरतपूर में नो मास्क नो एंट्री के तहत रेड क्रहस सोसायटी की ओर से छात्र छात्राओं को मास्क और साबुन वितरित किये गए इस दौरान बच्चों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की सीख दी गई झालावाड और सवाईमाधोपुर में भी कई स्थानों पर मास्क वितरित किये गये जयपूर प्रलिस ने भी आज कई जगह लोगों को मास्क बांटे

देश में कोरोना के विरूद्ध चलाये जा रहे जन आंदोलन के तहत जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं और लोगों को जागरुक कर रहे है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

इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है

व्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अबीक्षक आनंद प्रकाश स्वामी ने बताया कि डॉ ने यह राशि परिवादी की मां का ऑपरेशन करने की एवज में ली और फिर राशि को अपने अधीनस्थ प्राइवेट कंपाउंडर राजेन्द्र को दे दी इस मामले में आरोपी कंपाउंडर को भी गिरफ्तार किया गया है

प्याज की क्रीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितम्बर महीने के द्वसरे पखवाई से केन्द्रीय भंडा एनसीसीएफ तथा राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणक्क तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है उपमोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कूछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे

श्री गंगवार ने कहा कि यह सुचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंकों और बीमा कंपनियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है श्री गंगवार ने इसे महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक बताया

वही कृष्ठ स्थानों पर हल्की वारिश्न भी दर्ज की गई झालावाड जिले में आज अचानक मौसम में बदलाव के बाद कहीं कही व्रंदावांदी और कूछ स्थानों पर हल्की बरसात हुई

वहीं कूछ स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट आई है

मौसम विभाग ने आज जयपूर भरतपूर और कोटा संभागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं